मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे पहले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई को श्रद्वाजंलि दी गई

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देत हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अब अग्रिम जमानत के लिए अभियुक्त को सिर्फ उच्च न्यायालय जाने की बाध्यता नहीं होगी बल्कि निचली अदालत से ही अग्रिम जमानत मिल जाएगी

इससे अग्रिम जमानत का बोझ उच्च न्यायालय पर बढ़ रहा था

अब इस आशय का विधेयक विधानमंडल सत्र में लाया जाएगा इसे पास कराकर केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा अब इससे हाई कोर्ट पर कार्य का भार कम होगा और लोगों को भी भटकना नहीं होगा उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के अनुसार अब अभियुक्त का अग्रिम जमानत के लिए स्वयं मौजूद रहना आवश्यक नहीं है आवेदक किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए जरूरत पड़ने पर मौजूद रहेगा गंभीर अपराधों में और औषधि अधिनियम शासकीय अधिनियम समाज विरोधी अपराध पर कोई जमानत नहीं मिलेगी एससोएसटी एक्ट गैंगस्टर एक्ट और उन मामलों में जिनमें मृत्यू दंड दिया जाना है उसमें भी अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी मंत्रिमंडल की बैठक में आज नौ प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई

बैठक में लिये गये अन्य फैसले में सरकार ने उद्योग एवं रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय मदद देने का फैसला किया है

सरकार ने गन्ना के अधिक उत्पादन को देखते हुए एथनाल बनाने के लिए अतिरिक्त ग्रेड की सुविधा दी है अब बी ग्रेड और सी ग्रेड के गन्ने के रस से भी एथनाल बनाया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडोनेशिया के जकाता में चल रहे एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के मेरठ जनपद के सौरभ चौधरी को पचास लाख रूपये नकद तथा कांस्य पदक जीतने वाले रवि कुमार को बीस लाख रूपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है सोलह वर्षीय सौरभ चौधरी ने एशियाई खेलों में दस मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता हैं वहीं रवि कुमार ने दस मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा मे कांस्य पदक जीता है मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी के पद पर नौकरी दिये जाने की भी घोषणा की श्री योगी ने कहा कि सौरभ चौधरी तथा रवि कुमार ने लगन और परिश्रम के बल पर बेहतरीन परिश्रम करके देश आर प्रदेश का मान बढ़ाया है इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की उत्कृष्ट उपलब्धि से पूरा राज्य गौरवान्वित हुआ है प्रदेश के खेल मंत्री चेतन चौहान ने भी पदक विजेता मेरठ के सौरभ चौधरी और रवि कुमार को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि से प्रदेश के युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी हमारी मेरठ प्रतिनिधि ने बताया कि सौरभ चौधरी के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर उनके गृह जनपद मेरठ के रोहता ब्लाक के कलीना गांव में जश्न का माहौल है

हमारे बागपत प्रतिनिधि ने खबर दी है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले सौरभ चौधरी मेरठ के अपने गांव कलीना से हर रोज पन्द्रह किलोमीटर चलकर बागपत के वीर शाहमल रायफल क्लब पहुंचते थे और घंटों शूटिंग रेंज पर अभ्यास के दौरान पसीना बहाते थे सौरभ की जीत से बागपत के लोग भी काफी खुश ह लोगों ने मिठाईयां बांटकर जीत का जश्न मनाया

लालजी टण्डन वरिष्ठ भाजपा नेता है जो लखनऊ में सभासद से लेकर सांसद भी रहे दो हजार नौ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के लखनऊ संसदीय सीट छोड़ने पर लालजी टण्डन लखनऊ से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे व प्रदेश सरकार में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे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

बेसिक शिक्षा परिषद ने सहायक अध्यापकों की इकतालीस हजार पांच सौ छप्पन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है इसके लिए ऑन लाइन आवेदन व रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है आवेदन करने की अंतिम तिथि अट्ठाईस अगस्त है परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि यह विज्ञापन सभी पचहत्तर जिलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी किया गया है उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में रिक्त पदों की संख्या परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है

उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों के मांग पत्र पर वित्त और कार्मिक विभाग से सलाह लेकर उचित कदम उठाये जायगे

इस बैठक में शिक्षामित्रों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित सरकारी और गैर सरकारी आश्रय गृहों में रहने वाले संवासियों का हर दो महीने में स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा और इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जायेगी इस संबंध में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने प्रदेश के आश्रय गृहों की व्यवस्थाओं को लेकर कार्यो की प्रगति की समीक्षा के दौरान कल यह निर्देश दिये उन्होंने आश्रय गृहों में लगे सीसी टीवी कैमरे से मॉनिटरिंग व्यवस्था को जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से जोड़ने के भी निर्देश दिये हैं उन्होंने संवासियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़न और उन्हें स्वावलम्बी बनाने पर जोर दिया उन्होंने सोलह से अट्ठारह साल तक के सभी संवासियों को रोजगार परक कौशल विकास का प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया कल ईदुल अजहा का त्यौहार पूरे प्रदेश में मनाया जायेगा इस पर्व को लेकर तैयारियां जोरो पर है इबाहीम की सुन्नत का याद करते हुए ईदुल अजहा का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है घरों और मदरसों में कुर्बानी के विशेष प्रबंध किये गये हैं वहीं मस्जिदों के आसपास साफ सफाई और नमाज अदा करने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई हैं प्रशासन ने इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये हैं राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईदुल अजहा की पूर्व संध्या पर आज प्रदेशवासियों को अपनी श्रभकामनाएं दी है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित काव्यांजलि प्रसारित करेगा

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर दे सकते हैं

स्थानिक आयुक्त केरल प्रदेश श्री पुनीत कुमार ने उक्त सहायता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदश सरकार को केरल सरकार की तरफ से धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया

समाप्त